मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस सुधार की दिशा में बताया बड़ा कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज होगा गोरखपुर महोत्सव का समापन प्रदेश मंत्रिमण्डल ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू रखने को दी मंजूरी प्रदेश मंत्रिमंडल ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद इस फैसले के बारे में जानकारी देते हये इसे पुलिस सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह फैसला दशकों से लम्बित था मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर होगी यह व्यवस्था लागू होने से जिला मजिस्ट्रेट को केवल राजस्व संबंधी काम देखने होंगे और कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसले पुलिस आयुक्त लेंगे लखनऊ और नोएडा स्मार्ट और सुरक्षित शहर के रूप में विकसित हो सकेंगे इसी तरह नोएडा में भी अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर का एक अधिकारी पुलिस आयुक्त होगा और उनके सहयोग के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी रैंक के दो अपर पुलिस आयुक्त रहेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक सुजीत पाण्डेय को लखनऊ का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है लखनऊ में दो नए थानों को स्वीकृति मिलने के बाद अब राजधानी में कुल चालीस थाने हो गए हैं दो पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी नवीन अरोड़ा और नीलाब्जा चौधरी को लखनऊ के संयुक्त पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनाती दी गई है लखनऊ में पुलिस अधीक्षक स्तर के नौ अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह गौतमबुद्धनगर यानी नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किये गये हैं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ और नोएडा में पुलिस अधीक्षक स्तर की महिला पुलिस अधिकारी भी नियुक्त करने का निर्णय किया गया है प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने इस फैसले का स्वागत किया है और ऐसा साहसिक कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस का बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक इसमें शामिल होंगे श्री मोदी विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देंगे और परीक्षा के दबाव या तनाव से दूर रहने के तरीकों के बारे में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे असम में गोलाघाट के जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक सुरेंद्र क्मार ने आकाशवाणी को बताया कि परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने में यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी होगा राजस्थान में गुडा खेड़ा के सरकारी सीनियर सैकेंड्री स्कूल के छात्र भरत कुमार मीणा ने बताया कि वह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है उन से बात करने पर आपने जो समस्या बताई है उनका हम उनके द्वारा जो सवाल के जवाब करने से हल हो सकते हैं परीक्षा को एक उत्सव के रूप में ही लेना चाहिए जिस तरह हम किसी उत्सव की तैयारी करते हैं हमें उसी तरह ही परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कानून ने अत्यसंख्यकों के साथ पाकिस्तान के बर्बरतापूर्ण व्यवहार को उजागर करने का अवसर दिया है कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने कल प्रस्ताव पारित कर के नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की प्रक्रिया रोकने की मांग की विपक्ष की कड़ी आलोचना करते हुए श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बैठक से दूरी बनाये रखी जिससे विपक्ष की एकता का पर्दाफाश हो गया है विपक्षी एकता की हवा तो पहले ही उड़ गई लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुआ है उससे सबसे अधिक खुशी पाकिस्तान को हुई होगी यह प्रस्ताव देश के हित में नहीं है प्रस्ताव देश की सुरक्षा के हित में नहीं है और यह प्रस्ताव उन लाखो लाखो अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है जो अपनी इज्जतआबरूबर्बर् अमानवीय आक्रमण से भागकर हिन्दुस्तान आये हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरूद्ध विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना करते हुए केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा कि संसद ने दो दिन तक गहन चर्चा के बाद इस कानून को पारित किया था उन्होंने कहा कि यह विपक्ष के दोहरे मानदंड को दर्शाता है भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में जनसभाओं रैलियों और पदयात्राओं के द्वारा जनसम्पर्क कर लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के वास्तविक तथ्यों से अवगत करा रहे हैं इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चन्दौली जिले के चकिया में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोगों को सम्बोधित किया और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर इस कानून के बारे में बताने के निर्देश दिये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जनसभा को संबोधित किया सिद्दार्थनगर जिला मुख्यालय पर कल नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आजादी के वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पाकिस्तान में रहने वाले हिन्द्र सिख और ईसाई समुदाय के लोगों से जो वादा किया था कि उत्पीड़न की स्थिति में भारत उन्हें शरण देगा उस वादे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कानून के माध्यम से आज पूरा कर दिखाया है

शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि छात्र राजनीति के नाम पर एक विव्वंसकारी कट्टर वाम एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है जेएनयू से लेकर जामिया तक एएमयू से लेकर जाधवपुर विश्वविद्यालय परिसरों में हुई हाल की घटनाएं वामपंथी कार्यकर्ताओं के एक छोटे से समूह की शरारत के कारण बदतर होते शैक्षिक माहौल के प्रति सचेत करती हैं श्री मोदी को लिखे पत्र में कहा गया है कि वामपंथी गढ़ों में हड़ताल धरना और बंद आम बात हो गई है और इस तरह की राजनीति से सबसे ब्री तरह गरीब छात्र और हाशिये पर मौजूद समुदायों के विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं

उन्होंने कल नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा से जुड़े हितधारकों की बैठक में कहा कि इस बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है ड्राइविंग ट्रेनिंग सेक्टर्स खोल रहे हैं

इस अक्सर पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बेहतर कार्य करने के लिए तमिलनाडु को पुरस्कृत किया गया

महोत्सव का समापन एक दिन पूर्व ही होना था लेकिन ओमान के सुल्तान के निधन पर राजकीय शोक घोषित होने के कारण इसे मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया था गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पांडियन ने बताया कि आज महोत्सव में अनुराधा पौडवाल की भजन संघ्या और बॉलीवुड नाइट के कार्यक्रमों समेत टैलेंट हंट और लोकरंग जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे एक रिपोर्ट शनिवार को शुरू हुए गोरखपुर महोत्सव में अब तक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना जयंती माला मिश्रा और नेहा बनर्जी ने अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं सेक्सोफोन वादक एस एस सुब्बालक्मी अत्का याण्निक राजू श्रीवास्तव भरत शर्मा व्यास जैसे जाने माने कलाकारों ने भी इस बार महोत्सव में भाग लिया महोत्सव में इस वर्ष स्थानीय कलाकारों को भरपूर अवसर दिया गया सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें एक बड़े मंच से अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला आदित्य शुक्ला आकारवाणी समाचार गोरखपुर

अयोध्या के विभिन्न साधू संतों की ओर से लगातार इस संबंध में मांग की जा रही थी कि सरयू नदी जिसे प्रदेश के कुछ हिस्सों में घाघरा नाम से भी जाना जाता है उसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए सभी स्थानों पर सरयू के नाम से ही जाना जाये मंत्रिमंडल ने कल इसे मंजूरी दे दी जिसके बाद सरकारी अभिलेखों में घाघरा को सरयू नदी के नाम से जाना जायेगा वाराणसी के मण्डलायुक्त दीपक अग्रवाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्वालुओं के लिए एक ड्रेस कोड जैसी व्यवस्था लागू करने के सम्बंध में मीडिया में आ रही खबरो का खण्डन किया है उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है